इच्छुक किसान पन्द्रह अप्रैल से करा सकेंगे निबंधन बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य विभाग ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रदेश के सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टी पांच अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी है विभाग ने अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश को छोड़कर फिलहाल सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी हैं इसके साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी अवकाश पर हैं उन्हें तुरंत योगदान करने का निर्देश दिया गया है वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट से बचाव को देखते हुए इस बार बिहार स्थापन दिवस पर बाईस मार्च को अब राज्य के किसी भी स्कूल में समारोह का आयोजन नहीं होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार स्थापना दिवस पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे प्रदेश में अब तक सत्रह लाख नौ हजार आठ सौ सैंतीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से तेरह लाख पचास हजार दो लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख उनसठ हजार आठ सौ पैंतीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत पचहत्तर हजार छह सौ तीन लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है टीकाकरण के दौरान साठ वर्ष से अधिक उम्र के सैंतालीस हजार आठ सौ चौवन जबकि पैंतालीस से साठ वर्ष के गंभीर रोगों से ग्रसित आठ हजार बीस लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है देश में अभी तक कोविड से बचाव के लिए तीन करोड़ नवासी लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं देशभर में कल सत्रह लाख तिरासी हजार तीन सौ तीन टीके लगाए गए इनमें चौदह लाख तिरासी हजार एक सौ छप्पन लाभार्थियों को टीके की पहली डोज दी गई जबकि तीन लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्निम पंक्ति के कार्मिकों को टीके की दूसरी डोज दी गई इस तरह अभी तक लगाए गए कुल वैक्सीन की संख्या तीन करोड़ नवासी लाख बीस हजार को पार कर गई प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ सात नए मामले दर्ज हुए हैं पटना में सबसे अधिक छब्बीस भागलपुर में ग्यारह मधुबनी और रोहतास में छह छह भोजपुर किशनगंज मुंगेर नालंदा मुजफ्फरपुर और सीवान में चार चार संक्रमित मरीजों की पहचान की गयी है दो लाख इकसठ हजार तीन सौ चार मरीज अब तक कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो छह प्रतिशत हो गई है दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा है कि अभी देश में दो प्रकार के टीके कोविशील्ड और को वैक्सीन लोगों को दिये जा रहे हैं उन्होंने लोगों से दोनों डोज में एक ही कंपनी का टीका लगवाने को कहा है

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि सरकार जीपीएस की मदद से टोल वसूलने की तैयारी कर रही है इसके लिए सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जायेगा गौरतलब है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर छह सौ तैंतालीस टोल प्लाजा हैं केन्द्र सरकार ने पन्द्रह फरवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है लोकायुक्त कार्यालय में सरकार के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों को छह महीने से तीन साल तक की जेल होगी साथ ही पांच हजार रूपये का जुर्माना भी देना होगा लोकायुक्त कार्यालय में लोक सेवक और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आ रही झुठी शिकायतों की संख्या को देखते हुए बिहार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया गया है संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण रोकने के लिए अधिक जुर्माना का प्रावधान किया गया है पटना समेत राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में स्थायी अतिक्रमण की स्थिति में बीस हजार रूपये और अस्थायी अतिक्रमण की स्थिति में पांच हजार जुर्माना वसूला जायेगा वर्तमान में अतिक्रमण पर एक हजार रूपये जुर्माना का प्रावधान है विधानसभा में बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक दो हजार इक्कीस पर सरकार का पक्ष रखते हुए यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सह शहरी विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेहनती किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान कर रही है श्री मोदी ने कहा कि करोडों किसान इस बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में फसल बीमा योजना किसानों के कल्याण के लिए सरकार के संकल्पबद्ध प्रयासों का ठोस उदाहरण है श्री मोदी ने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक किसानों के मार्ग में आने वाली छोटी बड़ी सभी दिक्कते दूर करने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन सत्र दो हजार बीस इक्कीस के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारु रूप से जारी है अब तक किसानों से छह सौ नब्बे लाख इक्यावन हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जबकि समान अवधि में पिछले वर्ष केवल छह करोड़ निन्यानवे हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी पिछले वर्ष की खरीद से यह चौदह दशमलव आठ नौ प्रतिशत अधिक है खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एक करोड़ तीस लाख रूपये से अधिक की खरीद से अब तक लगभग एक करोड़ बत्तीस लाख किसान लाभान्वित हुए हैं खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि सरकार अब चना और मसूर की दाल भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी इसके लिए पन्द्रह अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना और मसूर दाल की खरीद होगी अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य खाद निगम के प्रखंड स्तरीय गोदामों पर इच्छुक किसान निबंधन कर सकेंगे खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कहा कि दाल की सरकारी दर पर खरीद के लिए राज्य खाद निगम हर प्रखंड पर क्रय केन्द्र बनायेगा साथ ही क्रय के बहत्तर घंटों के भीतर किसानों को उनकी दाल की राशि का भुगतान हो जायेगा दोनों दलों का समर्थन मूल्य पांच हजार एक सौ प्रति क्विंटल तय किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर प्रखंडों में ईवीएम रखने के लिए कलस्टर समूह बनाने के निर्देश दिये हैं आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय समेत पूरे प्रखंड में कई स्थानों को कलस्टर के रूप में चिन्हित किया जायेगा कलस्टर में संबंद्व मतदान केन्द्रों के मतदानकर्मियों के ठहरने की भी व्यवस्था होगी आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कलस्टर वैसे स्थान पर बनेंगे जहां से मतदान केन्द्र पर तीस से चालीस मिनट के अंदर मतदानकर्मी बूथ पर पहुंच सके राज्य सरकार प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पहली दो संतानों के प्रसव पर होने वाला पूरा खर्च उठायेगी यह सुविधा अभी तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध थी जारी आदेश में कहा गया है कि सिजेरियन सामान्य प्रसव के साथ ही गर्भपात तक सरकार की घोषणा के दायरे में आयेंगे प्रदेश में अब तक इस सुविधा प्रावधान नहीं था रेलवे ने होली त्योहार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए चार होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली से बरौनी आनंद विहार टर्मिनल से गया आनंद विहार टर्मिनल से पटना और आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी के मध्य ये ट्रेने चलायी जायेंगी इधर पूर्व मध्य रेल ने देश के अलग अलग शहरों के लिए चलायी जाने वाली पच्चीस जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने पूर्व कोन्द्रीय मंत्री शरद यादव के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है श्री यादव पर वर्ष दो हजार पन्द्रह में आदर्श चुनाव आचारसंहिता उल्लंघन का मामला दर्ज है दरभंगा जिले के बिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सहसराम गांव में तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के बलियाकोठी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के परिसर से सटे पेड़ के जंगली फल खाने से चालीस छात्र छात्राएं बीमार पड़ गये जमशेदपुर में आयोजित नेशनल पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में बिहार के राम कुमार उनसठ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है वहीं छियासठ किलोग्राम वर्ग में बिहार के अरहन खान ने स्वर्ण पदक हासिल किया जबकि इसी वर्ग में बिहार के आर्यन को कांस्य पदक मिला तिरपन किलो भार के ब्रेंचप्रेस स्पर्धा में बिहार के सौरभ कुमार मौर्य ने कांस्य पदक प्राप्त किया है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 हिन्दुस्तान बिहार के स्थापना दिवस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है स्कूलों में इस बार नहीं होगा बिहार दिवस का आयोजन मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग से करेंगे बिहारवासियों को संबोधित दैनिक जागरण ने शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है पुलिस की लापरवाही से बच रहे हैं शराब माफिया प्रभात खबर की सुर्खी है नौ बजे से शुरू हुई जेईई मेन की परीक्षा बीस मिनट बाद ही बाहर आया प्रश्न पत्र एनटीए ने शुरू की जांच दैनिक भास्कर का शीर्षक है देश में एक सौ सात दिन बाद सबसे ज्यादा उनतालीस हजार दो सौ बाईस केस बिहार में पैंतालीस दिन बाद सौ से अधिक मरीज आज अखबार की सुर्खी है पुराने और प्रद्षण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ायी

इच्छुक किसान पन्द्रह अप्रैल से करा सकेंगे निबंधन